प्रदेश में आज भी जारी रहा बारिश और बर्फबारी का दौरगढ़वाल और कुमाऊं की ऊंची पहाड़ियों में हिमपात से गिरा तापमान चमोली जिले में आज दो अलग अलग दुर्घटनाओं में तीन लोगों की मृत्यु चार अन्य घायल बागेश्वर में उत्तरायणी मेले का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ समापन स्लग प्रवासी भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विदेशों में रह रहे भारतवंशी स्टार्ट अप स्टैंड अप और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर भारत के विकास में अपना सहयोग दे सकते हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने भारतवंशियों के हित में कई कदम उठाये हैं जिनमें पासपोर्ट सेवा के क्षेत्र में कुछ नई सुविधाएं और ई वीजा की योजना शामिल है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना भी शुरू करने जा रही है

ठंड बढ़ने से आम जनजीवन बाधित हो गया है शीतलहर के चलते खासकर पहाड़ी जिलों में जनजीवन पर विपरीत असर पड़ा है कई जिलों में सभी स्कूलों की छट्टी भी घोषित की गई चारधाम सहित गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आज भी बर्फबारी हुई चमोली जिले में हेमकुंड साहिब रुद्रनाथ रूपकुंड औली ग्वालमद सहित ऊंची चोटियों में बर्फ गिरी बर्फबारी से मंडल चोपता मार्ग भी बाधित रहा टिहरी जिले के नाग टिब्बा पिन्वाड चिरबिटिया धनोल्टी प्रताप नगर लोस्तु और हिन्दाव आदि क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है वहीं रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी पौड़ी जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हिमपात हुआ कुमाऊं में बागेश्वर जिले के कौसानी ग्वालदम और पिंडर घाटी के ऊपरी क्षेत्र बदियाकोट झूनी खलझुनी धुर विनायक कर्मी तोली पैठी बघर लीती कुंवारी बोरबलड़ा सुराग कालो डोला वाछम खाती आदि इलाकों में सुबह से हिमपात शुरू हो गया बागेश्वर की जिला आपदा अधिकारी शिखा सुयाल के मुताबिक बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जिला प्रशासन लगातार नजर बनाये हुए है

विकासखंड भैंसियाछाना में कई घंटों तक बिजली गुल रही जिससे लोगों को परेशानी हुई चंपावत जिले में देवीधुरा के पहाड़ भी बर्फ से लकदक हो गए है बर्फबारी से जहां स्थानीय लोगों के रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए हैं वहीं सैलानी बर्फबारी का खूब आनंद उठा रहे हैं नैनीताल में भी सुबह से बारिश जारी है वहीं राजधानी देहरादून समेत निचले इलाकों में कल रात से बारिश रुक रुक कर जारी है फसलों के लिए बारिश और बर्फबारी मुफीद मानी जा रही है

घाट रामनी मोटरमार्ग पर वाहन के खाई में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया वहीं देवाल ब्लॉक के वाण गांव में भारी बर्फबारी के कारण एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा वाहन में चार लोग सवार थे जिनमें से एक ने थराली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में दम तोड़ दिया जबकि तीन घायल हैं स्लग उत्तरायणी मेला संपन्न बागेश्वर में चल रहे उत्तरायणी मेले का सोमवार को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया मेले में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों को प्रदर्शन के अनुसार पुरस्कृत किया गया इसके अलावा मेले में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कार दिये गये इस मौके पर जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने कहा कि मेलों के आयोजन से पहाड़ की पारम्परिक सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू होने का मौका मिलता है उन्होंने इस विरासत को सहेजने की आवश्यकता बताई इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत भी की स्लग मानव विकास रिपोर्ट राज्य की मानव विकास रिपोर्ट में देहरादून हरिद्वार और उधमसिंहनगर ने अच्छी रैंकिंग के साथ क्रमश पहला दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है देहरादून हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर की अच्छी रैंकिंग का मुख्य कारण यहां की प्रति व्यक्ति उच्च आय रहीं यह सूचकांक मानव विकास में स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर के संबंधित सूचकों के आधार पर तैयार की गयी है

देहरादून में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट स्टेक होल्डर कन्सलटेशन्स की कार्यशाला में रिपोर्ट जारी की गई

स्लग पंत जीआईएस एप्लीकेशन वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा निर्मित जीआईएस एप्लीकेशन फॉर सर्किल रेट का लोकार्पण किया वित्त मंत्री ने बताया कि जीआईएस एप्लीकेशन से अचल सम्पत्ति की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और जनता के साथ होने वाली धोखाधड़ी से मुक्ति मिलेगी उन्होंने कहा कि सम्पत्ति का वास्तविक सर्किल रेट जनसामान्य को प्राप्त होने से भ्रमित जानकारी और भुगतान किये जाने वाले स्टाम्प शुल्क में कमी से सम्बन्धित समस्याएं दूर होंगी वहीं वित्त सचिव ने बताया कि इस प्रक्रिया से जनता को बहुत लाभ होगा साथ ही सुगम प्रशासन और नागरिक केन्द्रित सेवायें उपलब्ध कराने की दिशा में ये एक बड़ा कदम साबित होगा गौरतलब है कि इस एप्लीकेशन को बनाने में एनआईसी और सर्वे ऑफ इण्डिया से भी सहायता ली गयी है

स्लग जिलाधिकारी वीसी अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारी जनता की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे इससे द्ररदराज के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अल्मोड़ा के चक्कर नहीं काटने पडेंगे पहले तीन तहसील भिकियासेंग सल्ट और द्वाराहाट में वीडियो कॉन्फ्रेंस सेट लगाए गए थे इसकी शुरूआत अब रानीखेत में भी कर दी गई है हर सोमवार को लोग अपनी समस्याओं को डीएम के सामने रखेंगे सभी विभागों के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल रहेंगे स्लग ऋषभ पंत उत्तराखंड के प्रतिभावान क्रिकेटर ऋषभ पंत के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है आईसीसी के सालाना पुरस्कारों में ऋषभ पंत को इस साल का उभरता हुआ क्रिकेटर घोषित किया गया है इतना ही नहीं आईसीसी की टेस्ट टीम में भी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को जगह दी गई है वहीं भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली टेस्ट मैच और एक दिवसीय मैच में साल के ओवरआल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने वाले द्वनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं उन्हें आईसीसी ने साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से भरी टेस्ट और एक दिवसीय टीम का कप्तान भी घोषित किया है